आयुर्वेद दिवस आज आयुष मंत्री ने आयुर्वेद को बढावा देने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया धनतेरस के साथ आज से पांच दिवसीय दीपोत्सव की हुई शुरूआत बाजारों में लोग सोने चांदी और वाहनों की कर रहे है खरीददारी देश के उत्तरी इलाकों में पहाडों पर बर्फबारी के बाद प्रदेश में बढ़ी सर्दी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हुआ प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों से गुलजार

इस बैठक में मुख्यमंत्री वसंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी गृहमंत्री गुलाब चेन्द्र कटारिया संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ सामाजिक न्याय मंत्री अरूण चतूर्वेदी सहित पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने में जुटे हुए है उधर दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के समक्ष उम्मीदवार टिकिट के लिये दावेदारी जता रहे है सचिन पायलट ने बताया कि पार्टी के नेताओं के साथ लगातार चर्चा चल रही है

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों से राय मश्विरा की प्रक्रिया शुरू कर दी है अगर राज्यों के साथ सहमति बन गयी तो पुलिस का जांच करने का विभाग और अभियोजन का विभाग अलग अलग हो जाऐंगे विचार विमर्श में राज्यों में अभियोजन विभाग के मुखिया के रूप में महानिदेशक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की संभावना भी देखी जा रही है गवाहों को अदालत में तलब करने के लिए एसएमएस और ई समन देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है

इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इस कड़ी में राजधानी जयपुर में आज राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है इससे पहले कल नई दिल्ली में आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुरू हई संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद का बाजार बढ़ाने के लिए पिछले चार वर्ष में कई नई पहल की हैं

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ के आर्यवेद में कई अन्वेषण किए जा सकते हैं

इस दिन भगवान कुंबेर और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ऐसा माना जाता है कि भगवान कुंबेर स्वास्थ्य की रक्षा करते है और बीमारियों से दूर रखते है धनतेरस के अवसर पर लोग शुभ मुहूर्त के अनुसार सोना चांदी बर्तन वाहन और कपडे सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी कर रहे है बाजारों में जहां खरीदारों की भारी भीड से रौनक बनी हुई है वेहीं दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार आकर्षक रूप से सजाया गया है जयपुर में कल शाम प्रमुख बाजारों में आकर्षक रोशनी की श्रूआत की गई दीपोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये है इसके चलते भीड भाड वाली जगहों और बाजारों में पूलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है इसके अलावा यातायात की भी विशेष व्यवस्था की गई है दीपोत्सव के तहत कल रूप चौदस और इसके बाद दीपावली का पर्व मनाया जायेगा दीपावली के बाद गोवर्धन और भाईद्ज के पर्व प्रदेशवासी परम्परागत रूप से मनायें गे

इसमें जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले लोगों और संबंधित लंबित अदालती मामलों को भी दर्ज किया जाएगा रिजर्व बैंक ने पंजीयन प्रक्रिया विकसित करने के लिए कंपनियों से अभिरुचि पत्र मांगे हैं

इससे बैंक और वित्तीय संस्थान मौजूदा और संभावित लेनदारों की मौजूदा वास्तविक स्थिति जान पाएंगे

कोलायत के पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि कोलायत तहसील के झज्झू में ये हादसा हुआ झोंपड़ी में महिला अपनी दोनों बालिकाओं के साथ सो रही थीं कि देर रात चूल्हे से निकली चिंगारी से झोंपड़ी में आग लग गई

थार मरुस्थल में उत्तरी दिशा से चल रही ठण्डी हवा के झौंकों ने लोगों को इस सीजन में पहली बार सर्दी का अहसास कराया

मौसम विभाग के अनुसार अगर हवा की दिशा उत्तरी बनी रहती है तो तापमान और नीचे आएगा ग्रामीण और खुले इलाकों में ठण्ड का अहसास ज्यादा देखा जा रहा है